स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले छह वर्ष में गरीबों के उत्थान के लिये अभूतपूर्व काम किये गए हैं प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई

लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले छह साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है एक चीज के साथ दूसरी चीज दूसरे से जुड़ी हुई है तीसरी चीज हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनक नई पहलें उठाई गई है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उददेश्य स्ट्रीट वेंडर को काम की फिर से शुरूआत करने के लिये पूंजी उपलब्ध कराना है श्री मोदी ने कहा कि कुछ बातों का ध्यान रखकर इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर ब्याज से पूरी तरह छूटकारा पा सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है

कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे है कि ये कितना जरूरी भी है अब ग्राहक नकद पैसे लेने देने से बचते है सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते है इसलिए हमोरे रेहड़ी पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहे श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है साउंड बाईट हमारे देश में तो ये जो रिसाइक्लिंग जिसको कहते है न आजकल वो हमारी सदियों पुरानी बातें है अब देखिए माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना लेंगी गद्दा पुराना हो जाएगा तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेंगी यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिये कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री से बातचीत में एक लाभार्थी ने कहा कि उन्हें इस योजना से बहुत लाभ हुआ साउंड बाईट स्वनिधि योजना से मुझे इतना लाम हुआ और इतना फास्ट हुआ मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया और बिल्कल बेरोजगार री हो गया था लॉकडाउन में तो बाको के जो पैसे बचे थे चार या पांच हजार रुपये उससे मैं थोडा खजुर की पत्ती लाया खजुर की पत्ती लाकर मैंने थोडे से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू हो गया स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण सूविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देशभर से दो लाख पैंतालीस हजार पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से लगभग एक लाख चालीस हजार स्ट्रीट वेंडर को एक सौ चालीस करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौंवीं से बारहवीं कक्षा के स्कूलों को इक्कीस सितम्बर से आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक पेन पेंसिल पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जायेगा दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी साउंड बाईट इन दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूलों के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा और समी की थर्मल जांच की जाएगी स्कूलों में बैठने का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि हर क्सी के बीच कम से कम छह फीट की द्री हो शिक्षको और छात्रों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए मास्क पहना अनिवाय होगा

अगर किसी शिक्षक कमंचारी या छात्र में कोविंड के लवण दिखाई देगे तो उसे बाकी लोगों से आइसोलेट किया जाएगा और अस्पतालों को इसकी सूचना दी जाएगी दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली जदयू सांसद हरिवंश ने एनडीए की ओर से राज्यसभा के उपसभापति पद के लिये नामांकन पत्र दाखिल किया है उनका कार्यकाल बीते नौ अप्रैल को समाप्त हो गया था उपसभापति पद के लिये चूनाव चौदह सितम्बर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के पहले दिन होने की संभावना है इसे देखते हुए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी कर चौदह सितम्बर को सदन में मौजूद रहने को कहा है हरिवंश की उम्मीदवारी का लोक जनशक्ति पार्टी ने भी समर्थन किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पटना सीतामढ़ी पूर्णिया और समस्तीपुर समेत दस जिलों में दो सौ चौरानवे करोड़ रूपये की कृषि मत्स्य और द्रग्ध उत्पादन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी लोकार्पण करेंगे इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री राज्य में मत्स्य पालन और पश् पालन क्षेत्रों में कई नवीन कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है इसके तहत वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त सत्तर लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री सीतामढी में मत्स्य ब्रूड बैंक और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा भी करेंगे इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है इन सुविधाओं से मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी किसानों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती बीज समय पर उपलब्ध हो सकेंगे और रोग निदान के साथ साथ पानी और मिट्टी परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी प्रदेश में अब तक कोविड उन्नीस से एक लाख चौंतीस हजार नवासी रोगी स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में एक हजार नौ सौ चौवालीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी प्रतिशत हो गयी है वहीं एक दिन में दस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर सात सौ पचहत्तर हो गया है इधर आज कोविड उन्नीस के एक हजार चार सौ अंठानवे नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या एक लाख बावन हजार एक सौ बानवे हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ तीन मामले पटना जिले से सामने आये हैं सहरसा से एक सौ ग्यारह मुजफ्फरपुर से अड़सठ बेगूसराय और नालंदा से इकसठ इकसठ अररिया से अंठावन पूर्णिया से पचपन दरभंगा से पचास तथा पूर्वी चंपारण और मधेपुरा से सैंतालीस सैंतालीस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सत्रह हजार तीन सौ सैंतीस है राजद के वरिष्ठ नेता अब्दूल बारी सिदिदकी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा है श्री सिद्दिकी ने अपने निकट संपर्क में आने वाले लोगों से कोविड जांच कराने की अपील की है वहीं राजद के ही वरिष्ठ नेता रघूवंश प्रसाद सिंह की तबीयत अधिक खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती किया गया है

कोरोना से ठीक होने के बाद फेफड़े के संक्रमण के इलाज के लिये उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था देश में अब तक कोविड उन्नीस के लगभग चौंतीस लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस से चौहत्तर हजार आठ सौ चौरानवे लोग ठीक हुए जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव सात सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नवासी हजार सात सौ छह नए मामलों की प्रष्टि होने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या तैंतालीस लाख सत्तर हजार एक सौ उनतीस हो गई है वहीं इसी अवधि में एक हजार एक सौ पंद्रह मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या तिहत्तर हजार आठ सौ नब्बे हो गई है भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि कोविड उन्नीस के मामलों में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और इसकी रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं साउंड बाईट अब तक जो नतीजे निकले है उससे पता चलता है कि वायरस का प्रमाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़डा ग्यारह सितम्बर को पटना आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट से वे सीधे मुख्यमंत्री आवास जायेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट बंटवारे पर बातचीत होगी राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है उनके साथ राजद छोड़ने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष पंछी राय लाल समेत कई पदाधिकारी और मुखिया शामिल हैं श्री राय ने आरोप लगाया कि राघोपुर से चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया मगध प्रमंडल के आयुक्त ने नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में शांतिपूर्ण स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये मतदान कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिये साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया शेखप्रा जिले के पांच प्रखंडों में मतदान कर्मियों के लिये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हम आज कागज स्कैनर ऐप पर विशेष रिपोर्ट लाये हैं इस वर्ष पंद्रह जून को शुरू हुई इस ऐप को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के तीन पूर्व छात्रों ने तैयार किया है हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध ये ऐप पूरी तरह से ऑफ लाइन भी काम कर सकता है इसमें कोई विज्ञापन नहीं है यह एप निःशुल्क है और इसमें साइन इन करने की आवश्यकता भी नहीं है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एप विकसित करने वाली टीम के गौरवश्री श्रीमाली ने बताया कि अब तक बारह लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है

इनके लिए मोबाइल पर ही सारा काम होता है मोबाइल से ही ये इंटरनेट एक्सिस करते है तो हमारा ये अमी लक्ष्य है कि हम इनके लिए और अच्छे ऐप और और अच्छे ट्रल्स बना सकें जो इनका समय बचा सके आज के दिन में भी हमारा ऐप पूरी दुनिया में एवलेवल है कोई भी इसे कही भी इस्तेमाल कर सकता है और आने वाले समय में हम इसे बाहर भी पब्लिसाइज करना शुरू करेंगे राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आज से शुरू हो गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यह परीक्षा इक्कीस सितम्बर तक चलेगी

बांका में एक परिवार के दो बच्चों समेत पांच लोगों की अलग अलग जगहों पर डूबने से मौत हो गयी बक्सर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक की नौकरी कर रहे दो लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र के ड्मर नहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस पर दो अज्ञात अपराधियों ने फायनांस कर्मी से लगभग एक लाख रूपये लूट लिये वहीं जिले के बलरामपुर प्राणपुर और फलका में पुलिस ने भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब के साथ छह तस्कर को गिरफ्तार किया है

स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी प्रतिशत हुई